सर्वोच्च न्यायलय ने संसद से भीड़ हिंसा की घटनाओं से असरदार ढ़ग से निपटने के लिए नया कानून बनाने पर विचार करने को कहा है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा है कि भीड़ की भयानक गतिविधियों को नया कायदा नहीं बनने देना चाहिए और इस पर रोक लगाने की जरूरत है शीर्ष अदालत ने भीड़ की हिंसा और रक्षा के नाम पर होने वाले अपराधों से निपटने के लिए रोकथाम स्धारीकरण और दंडात्मक प्रावधान करने वाले दिशा निर्देश भी जारी किये है न्यायमुर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा है कि समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकारों का काम है और ऐसी घटनाओं की राज्य सरकारें अनदेखी नहीं कर सकती है शीर्ष अदालत ने देश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने सम्बधी यचिका पर आदेश जारी किया

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों से कहा है कि वो अपने यहां मदर टेरेसा संस्थापित मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी द्वारा चलाए जा रहे चाईल्ड केयर होमस की जांच करायें एक सरकारी प्रैस विजप्ति में कहा गया है कि श्रीमती गांधी ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बाल देखभाल ग़ह सेंट्रल एडोपशन रिसोर्सिस अथारिटी से ज्डी एक माह के भीतर जोड़ी जायें ऐसा हाल ही में संज्ञान में आये झांरखंड में मिशनरीज़ आफ चैरिटी दवारा संचालित चाईल्ड केयर होमस में कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से गोद लेने के मामले के बाद किया जा रहा है

पर क्छ अनाथलयों ने इस निमय की वैद्यता को च्नौती दी है

केन्द्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक ब्लाई बैठक में सरकार ने संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्गमता से चलाने में विपक्ष से सहयोग मांगा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्य मंत्री अनन्थ कुमार संसदीय मामलों के राज्य मंत्री विजय गोयल कांग्रेस के नेता आनदं शर्मा तथा ग्लाम नबी आज़ाद एनसीपी नेता शरद पवार तथा सीपीआई नेता डी राजा ने अन्य लोगों के अलावा बैठक में भाग लिया संसद का मानसुन संत्र कल से श्रू हो रहा है और ये दस अगस्त तक चलेगा सदन में तीन तलाक विधेयक जिसे लोक सभा पहले पास कर चुकी है और राज्य सभा में लंबित हे को पास कराना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी इसके अलावा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने दिलाने का भी प्रयास करेगी अन्य विधेयकों में राष्ट्रीय मेडिकल आयोग तथा ट्रांस्जेंडर पर्सन विधेयक लाना संभावित है संसदीय मामलों के मंत्री अन्नत क्मार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी दलों ने सरकार को पूर्ण सहयोग का आशवासन दिया है म्ख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम ने पलवल और होडल में बिना परमिट के चल रही नौ बसों को राऊंड अप किया है उड़ने दस्ते के प्लिस अधीक्षक राजकुमार ने ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि बिना परमिट की बसे चलने से सरकार को राजस्व का न्कसान हो रहा है उन्होंने बताया कि अलीगढ़ और पलवल से आगरा जाने वाली बसों की जांच में नौ बसें बिना परमिट की मिली

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती की बहाल कर दिया गया है उनका निलंबन रद्द हो गया है सेवा निवृत नयायमूर्ति दर्शनी सिंह द्वारा ब्रहामणों ज्ड़े एक सवाल के मामले में आई जांच रिपोर्ट के बाद निंलबन रद्द किया गया है

काबिलेगौर है कि जांच अवधि के दौरान उन्हें पद से हटा दिया गया था और आईएएस अधिकारी दीप्ती उमा शंकर को उनका चार्ज दे दिया गया था नैशनल कडेट कोर ने हरियाणा बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला किया है इस अभियान के तहत एनसीसी में महिला कैडेट्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा एनसीसी के पंजाब हरियाणा हिमाचल और चंडीगढ़ के एडीजी मेजर जनरल आर एस मान ने आज रोहतक में यह जानकारी देते हए बताया है कि एनसीसी निर्देशालय की ओर से इस बारे हरियाणा सरकार को प्रस्ताव भेजा है उन्होंने कहा कि एनसीसी राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम कर रही है और ये य्वाओं के लिए अन्शासन व जिम्मेदारी विकसित करने और साहस की भावना रखने का बेहतर मंच है मेजर जनरल मान ने बताया कि वर्तमान में एनसीसी में महिला कैडेटस की संख्या तीस प्रतिशत है हरियाणा सरकार दवारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के बाद कार्रवाई की जायेगी हरियाणा कर्मचारी आयोग कार्यालय के बाहर आर्थिक आधार पर दिये गये आरक्षण के तहत हई निय्क्तियों को ज्वाईंनंग लैटर न जारी करने के विरोध में चल रहा आमरण अनशन शिक्षा मंत्री राम बिलास दवारा समाप्त कर दिया गया है उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय ब्रहामण आरक्षण संघर्ष समिति के बनैर तले पंडित हरिराम दीक्षित ने आमरण अनशन श्रू किया था

सतल्ज यम्ना लिंग नहर के पानी को हरियाणा में लाने के लिए एक मई को भिवानी से श्रू हआ इंडियन नैशनल लोकदल का जेल भरों आंदोलन आज भिवानी में समाप्त हो गया इस मौके पर इनैलो नेता व नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा को उसके हिससे का पानी मिलना चाहिए क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है

यमुनानगर जिले में अलग अलग सथानो पर हय सड़क हादसों में एक किसान सहित दो व्यक्तियों की मौत हो गई

दूसरी दुर्धटना मे फतेपुर तुंबी निवासी किसान का ट्रैक्टर खेत से घर वापस आते समये सड़कपर संत्लन बिगड़ने से पटल गया और उसे गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी सरकारी कॉलेज में कोई एक्सटेंशन लेक्चरर स्थानांतरण या प्रतिनिय्क्ति के कारण विस्थापित होता है तो संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा उसे प्रासंगिक स्थानांतरण के कारण रिक्त हई सीट या वर्कलोड के विरूदघ समायोजित किया जाएगा